सुबह साढ़े सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम सार्ढ़ पांच बजे तक चलेगा

शहरों की सरकार चुनने के लिए सुबह की गुलाबी ठंड के बीच ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई

कोविड महामारी के बीच हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी एतिहायाती कदम उठाए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है इस बीच कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के लिए भी शाम पांच बजे बाद विशेष वोटिंग की व्यवस्था की गई है

गौरतलब है कि जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में इस रविवार एक नवम्बर को मतदान होगा

इधर प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है

प्रदेश में ऑडिट के लिए रिकॉर्ड नही देने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी ऐसी समितियों का पंजीयन भी दो महीने में समाप्त किया जाएगा

उन्होंने निर्देश दिए कि ऑडिट नही कराने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसी सभितियों का दो माह में पंजीयन निरस्त किया जाए

ब्रंदी जिले के कापरेन में रसद विभाग के दल ने बड़ी मात्रा में अवधिपार मिठाइयां जब्त कर नष्ट की कोटा डेयरी के अधिकरियों ने भी एक गोदाम पर छापा मारकर नकली घी पकड़ा

आरोपित ने रिश्वत की राशि आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य आदेश जारी करने की एवज में परिवादी से मांगी थी